पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस का श्रभारम्भ विदेशमंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्ज्वलित करके किया इस अवसर पर केन्द्रीय खेल और यूवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ तथा विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे द्निया के विभिन्न भागों से आये युवा प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में काम करना चाहते हैं उन्हें देश असीमित अवसर प्रदान करता है श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रवासी भारतीयों और देशवासियों की साझा पहचान ही उनकी शक्ति है बाइट आज के हमारे सम्मानित अतिथि चौथी बार के चुने हुए सांसद श्री कवंलजीत सिंह बख्शी और भारत से और विदेश के अनेक देशों से आए हुए मेरे बहुत ही नौजवान साथियों पी वी डी में भाग लेने के लिए हमारे पास आए हैं और जिन्होंने हमें एक यंग सांसद नोर्वे से दिया है जहां तक इस पी बी डी का सवाल है ये अपने आप में बहुत अनोखा और अनूठा पी बी डी है विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से पिछली पीढियों के लोग व्यापारियों श्रमिकों उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में दूसरे देशों में गए थे विदेशों में भारतीय प्रवासियों की सफलता भारत के लिए सम्मान की बात है विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशों में प्रवासी भारतीय सांसद तथा बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व करने वाले प्रवासी भारतीय भारत के कारोबार और निवेश संबंधी वातावरण में परिवर्तन ला सकते हैं खेल और युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वधन राठौड़ ने प्रवासी भारतीयों के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में देश प्रवासियों का समर्थन चाहता है श्री राठौड़ ने कहा कि प्रवासी भारतीय देश के सबसे बड़े दूत हैं उन्होंने कहा कि भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है और पिछले साढ चार वर्षों के दौरान इसमें बहुत वृद्धि हुई है क्योंकि लोगों ने केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए मतदान किया अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपने कदम उठाया होगा या आपके पूर्वजों ने कदम उठाया होगा उसमें बहुत ताकत है उसमें एक स्वार्थ की ताकत है स्वाभिमान की ताकत है कुछ बदलने की ताकत आपने अपनी पहचान वहां पर बनाई एक आइडेंटिटी आपने अपनी वहां क्रिएट करी और आज जो आप वहां से यहां आए हैं उसमें भी बहुत ताकत है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ तो हमें आपका साथ चाहिए उत्तर प्रदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उन्होंने राज्य में निवेश के परिदृश्य में बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास किया उन्होंने प्रवासी भारतीयों को अपनी पिछली पीढ़ियों के राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया मुख्यमंत्री ने कहा मानवता के सबसे बड़े अध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कुम्म में जाने का अवसर भी हम सबको प्राप्त होगा तमाम देशों में आप सबने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है अपनी प्रतिभा के माध्याम से लोगों को एक नई दिशा दी उससे न केवल आपको न सम्मान मिला है बल्कि आपके सम्मान के साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ जाता है भारत का सम्मान भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है न्यूजीलैंड के सांसद कंवल जीत सिंह बक्शी और नार्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मूख्य अतिथि थे

तीन दिन के कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल के अनेक विश्व नेता भारतीय प्रवासियों की भूमिका के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस बार प्रवासी भारतीय सम्मलेन दो दिनों नहीं बल्कि छह दिनों का हो गया है क्योंकि कुम्भ और गणतंत्र दिवस की परेड भी अब इसका हिस्सा बन गई है

बड़ी संख्या में प्रवासी दीनदयाल हास्पिटल और संकुल में लगी प्रदर्शनी को देखते हुए भी नजर आए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का कल औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे

बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समापन भाषण देंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे

श्री सिंह कल महाराष्ट्र के नागपुर में भारतोय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे

बाइट आज हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो गया है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

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आगामी सत्र पांच फरवरी से शरू होगा

प्रयागराज में कुभ मेले के दूसरे मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की ड़ुबकी लगाई स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान प्ण्य किया इसके साथ ही आज से एक महीने तक चलने वाले कल्पवास की भी शुरूआत हो गई है जप तप व दान का दिन पौष पूर्णिमा हिन्दू धर्म के सबसे प्राचीन पर्वो में से एक हैं इस दिन कुंभ में स्नान का विशेष महत्व है

पहले शाही स्नान के तहत इस बार भी कुंभ मेले का दिव्य भव्य और स्वच्छ स्वरूप साफ नजर आया मेले में आये सभी श्रद्दालुओं ने दिल खोल कर कुंभ के आयोजन की तारीफ की इसी के साथ एक महीने के कल्पवास की शुरूआत हो गई है कुंम मेले में इस दौरान दस लाख के करीब कल्पवासी छोटे तम्बुओं में संगम के किनारे रहेंगे

अगला शाही स्नान चार फरवरी को मौनी अमावस्या पर होगा शंशाक कुमार कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किय गय थे मेला अधिकारी विजय किरण आनन्द ने बताया कि मेला क्षेत्र में सात सौ और पूरे शहर में डेढ़ हजार से अधिक साइन बोर्ड लगाये गये हैं प्रयागराज में पन्द्रह जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहले मुख्य स्नान के साथ ही कुंभ मेले का शुभारम्भ हुआ था तीसरा मुख्य स्नान चार फरवरी मौनी अमावस्या पर होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने कहा जप तप और दान का दिन पौष पूर्णिमा सनातन धर्म के सबसे प्राचीन पर्वो में से एक है